चालू सीजन में साढ़े पैंतीस लाख मीट्रिक टन धान की हुई है अधिप्राप्ति

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जतायी गहरी संवेदना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

श्री मोदी आज स्वास्थ्य क्षेत्र के विषय में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है

ये सब सरकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से ही संभव हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंघी मुद्दों पर एक समग्र द्रष्टि के साथ एकीकृत नीति अपना रही है उन्होंने कहा कि भविष्य के किसी भी संकट से निपटने के लिए सरकार देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मजबूत ब्रनियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान दे रही है

बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्स तक वेंटीलेटर से लेकर वैक्सीन्स तक साइंटिफिक रीजन से लेकर के सर्विलेंस इनफ्रास्ट्रक्चर तक डॉक्टर से लेकर करके एपिडिमीयोलॉजिस्ट तक हमें सभी पर ध्यान देना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए चार मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है

आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाए यही काम कर रही हैं

चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना है

टीबी की रोकथाम में भी मास्क पहनना अर्ली डाइग्नॉसिस और ट्रीटमेंट ये सारी बातें अहम हैं ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है जो एक प्रकार से हिन्दुस्तान के कॉमन मेन तक पहुंच चुका है अब उसी हमारी प्रेक्टिसिस को हम टीवी के क्षेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीवी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीत सकते हैं प्रदेश में अब तक पांच लाख पच्चीस हजार आठ सौ चौंसठ लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें तीन लाख अंठानवे हजार पांच सौ बासठ स्वास्थ्य कर्मी और एक लाख सताईस हजार तीन सौ दो अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं वहीं पचपन हजार नौ सौ नवासी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा चूकी है इधर राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख साठ हजार एक सौ सैंतालीस है वहीं सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ साठ है जिसमें सबसे अधिक दो सौ अठारह मरीज पटना से हैं जमुई शेखुपरा और सूपौल में कोरोना का एक भी मामला नहीं है कटिहार जिले के क्रसेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसी नदी पर बने कटरिया पूल पर आज तड़के हई सडक द्र्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गयी है वहीं दो घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूर्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये सहायता राशि देने का निर्देश दिया है इधर सारण जिले के मसरक थाना क्षेत्र के खेरवा गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी वहीं समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गयी सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरहट गांव में पूलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब जब्त की है मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जब्त शराब का बाजार मूल्य चालीस लाख रूपये बताया जाता है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो शराब तस्करों के ठिकाने पर छापेमारी कर बावन लाख रूपये जब्त किया है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है दूसरी तरफ जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत धोवा घाट गांव के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक बस से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपूर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिसंक झड़प में होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये पुलिस मामले की जांच कर ही है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने कहा है कि सरकार ने कोरोना जांच में मिली गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच करवायी है और जो भी इस मामले में दोषी पाये गये हैं उनपर कार्रवाई हो रही है श्री कुमार आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि बिहार ने कोरोना जांच के मामले में देश भर में रिकॉर्ड बनाया है

लक्ष्य के पचासी प्रतिशत से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की आश्यकता है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कृषि रोडमैप लागू होने से उत्पादकता बढ़ी है और सरकार अब हर खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है आर्थिक विकास दर की चर्चा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि कोरोना के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में विकास दर दस दशमलव पांच प्रतिशत रहा जो काफी अच्छा कहा जा सकता है उन्होंने कहा कि बजट आकार में लगातार वृद्धि हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य के अनुसार हर घर तक बिजली पहुंचा दी गयी है और बिजली बिल की शिकायतों को दूर करने के लिए प्री पेड स्मार्ट मीटर लगवाया जा रहा है उन्होंने कहा कि सड़कों और पुल पुलियों के रख रखाव के लिए विशेष नीति बनायी गयी है और यदि किसी जनप्रतिनिधि को इस संबंध में कोई सुझाव या शिकायत हो तो वे विभाग को दे सकते हैं इससे पूर्व चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े को प्रमुखता से उठाया उन्होंने कहा कि फर्जी आंकड़ों के आधार पर सरकार वाहवाही लूट रही है उन्होंने कहा कि उद्योग क्षेत्र में बिहार छब्बीसवें स्थान पर है और नीतीश कुमार के शासनकाल में एक भी उद्योग नहीं लग सका श्री यादव ने कहा कि बिहार में गरीबी बढ़कर बावन प्रतिशत हो गयी है और बेरोजगारी दर छियालीस दशमलव छह प्रतिशत है उन्होंने सरकार से बीस लाख रोजगार देने की घोषणा का रोडमैप सदन में रखने का आग्रह किया इससे पूर्व विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन आज कार्यवाही शुरू होते ही राजद और वामदलों के सदस्यों ने धान अधिप्राप्ति की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया राजद सदस्य सुधाकर सिंह ने धान अधिप्राप्ति की तिथि पच्चीस मार्च तक बढ़ाने की मांग की थी जिसपर प्रभारी सहकारिता मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि इक्कीस फरवरी तक साढ़े पैंतीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चूकी है और यह अब तक की सबसे अधिक अधिप्राप्ति है उन्होंने कहा कि किसानों के पास अब धान नहीं के बराबर बचा है और इसीलिए समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी वहीं एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियोजित शिक्षक जिन्हें बर्खास्त किया जा चुका है उन्हें फिर से सेवा में रखे जाने का कोई सवाल ही नहीं है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दो हजार बीस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बिहार पिछले पन्द्रह वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार शैक्षणिक स्तर में देश भर में सबसे नीचे है इस सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि सरकार शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है आठ हजार तीन सौ पचासी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है छह हजार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला को सुद्रढ़ किया गया है राजद के समीर महासेठ के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन अनुमंडलों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं हैं वहां डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं सभा में मिथिलाक्षर लिपि की पढ़ाई का मामला दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने उठाया उन्होंने इस लिपि को संरक्षित करने की आवश्यकता जतायी

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विधान पार्षद् संजीव श्याम सिंह के एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में नये उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि आधारित उद्योग और पेट्रोलियम से चलने वाले उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं उद्योग मंत्री ने कहा कि बायोवेस्ट इंडस्ट्री लगाने की भी संभावनाओं पर सरकार विचार कर रही है केन्द्र सरकार ने उस दावे का खण्डन किया है जिसमें कहा गया है कि लोग प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत एक से दो लाख रूपये तक के कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं

केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार अग्निशमन सेवा में फायर मैन के दो हजार तीन सौ अस्सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी विस्तृत जानकारी पर्षद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है

चालू सीजन में साढ़े पैंतीस लाख मीट्रिक टन धान की हुई है अधिप्राप्ति

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जतायी गहरी संवेदना